आज थिम्फू में रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भूटान ने विश्व समुदाय को प्रसन्नता का संदेश दिया है उन्होंने कहा कि प्रसन्नता सौहार्द को बढ़ावा देती है और प्रसन्नवित्त रहकर विश्व समुदाय बहुत कृष्ठ हासिल कर सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास संस्कृति और आध्यात्मिक परम्पराओं के कारण दोनों देशों के बीच अनूठे और गहरे संबंध हैं और इनके कारण ही भारत और भूटान के संबंधों में इतनी घनिष्ठता है श्री मोदी ने कहा कि आध्यात्मिकता और यूवा जोश भूटान की परम्परा है और यह भविष्य में भी भूटान की जीवनशैली का हिस्सा बना रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस बात पर गर्व है कि भारत भूमि पर ही राजकुमार सिद्वार्थ गौतम बुद्व बने और बौद्व धर्म का यहीं से दुनिया में प्रसार हुआ श्री मोदी ने कहा कि यह युवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है और इसलिए उन्हें हर चुनौती का नया समाधान ढूंढने के प्रयास करने चाहिए भारत और भूटान आपसी संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने और सहयोग का दायरा जल विद्युत क्षेत्र से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल भूटान के नेताओं से हुई बैठक में यह सहमति हुई भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि दोनों देशों के बीच संबंधों के तीन स्तंभ होंगे आपसी हित और विश्वास पर आधारित निरंतर भागीदारी इसमें शामिल है इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते त्रोरिंग के साथ कल थिम्फू में बातचीत की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री ने सिम्तोखा दजोग में मंगदेछू जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया उन्होंने भारत भूटान जल विद्युत संबंधों के पचास वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया दोनों पक्षों ने विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में दस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि भूटान के विकास में भारत प्रमुख भागीदार है आज भूटान में विपक्ष के नेता ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश ने जल संरक्षण के महत्व को समझा है और इसलिए एक नये मंत्रालय जल शक्ति का गठन किया गया है लालकिले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में उन्होंने सभी घरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की थी करीब करीब आघे घर ऐसे है जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और इसलिए मैं लाल किले से घोषणा करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीयन मिशन को ले करके आगे बढ़ेंगे और आने वाले वर्षो में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प लिया है यह अभियान सरकारी नहीं बनना था जल संचय का अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था जन स्वास्थ्य का अभियान बनना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में सूर्यकृण्ड धाम परिसर में पचपन करोड़ तीस लाख रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया उन्होंने बदलते गोरखपुर की चर्चा करते हुए कहा कि बिजली की भीषण समस्या का समाधान किया गया है उन्होंने लोगों से अपील की कि पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलिथिन का प्रयोग बंद करें श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में लोग अपनी सहभागिता निभायें इससे पूर्व महराजगंज जिले के आईटीएम चेहरी में जे ई ए ई एस जागरूकता शिविर का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चालिस वर्षो से इन्सेफेलाइटिस से हजारो बच्चों ने दम तोड़ दिया है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सरकार की ओर से इस बीमारी की रोकथाम के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे इस बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या में कमी आयी है कार्यक्रम को स्थानीय सांसद पंकज चौधरी और विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने भी सम्बोधित किया प्रदेश में प्रमुख नदियों के आस पास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है भारी वर्षा और पड़ोसी राज्यों से आ रहे पानी के कारण कई नदियां खतरे के निशान के आस पास बह रही हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न बांचों से छोड़े गए पानी के कारण हमीरपुर के कई गांवों और अन्य जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से हमीरपुर जनपद में बेतवा और यमुना नदियां उफान पर हैं जिसके चलते एक दर्जन से अधिक गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है साथ ही हजारों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है सड़क संपर्क और यातायात बहाल करने के लिए पंप सेटों से बाढ़ का पानी निकाला जा रहा है क्षेत्र में बाढ़ चौंकिया स्थापित की गई हैं और जिला प्रशासन चौंबीसों घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस बीच प्रदेश में कई स्थानों पर कल से ही रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी है मौसम विभाग ने कल भी विभिन्न स्थानों पर बारिश होने की सम्भावना व्यक्त की है